जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में प्रदेश के दो जवान शहीद राजकीय सम्मान के साथ आज किया गया अंतिम संस्कार

इन सभी को क्वारंटाईन कर दिया गया है

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कल हाल ही मे दिल्ली बाहरी राज्यों और विदेशों से प्रदेश में आए तबलीगी जमातियों से अपनी पहचान उजागर करने को कहा था इस बीच पुलिस महानिदेशक एस आर मरडी ने बताया कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज द्वारा दुसरों के मुंह पर थूकने की एक वारदात सामने आई है उन्होंने ऐसे करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाएगा

इन ग्राम पंचायतों में नंदपुर मंझोली भोगपुर भटोलीकलां और बरोटीवाला शामिल है

इस बीच ज़िला दंडाधिकारी केसी चमन ने उपमंडल में चालकों की सुविधा के लिए टायर पंक्चर की कुछ दुकाने अगले आदेशों तक प्रतिदिन हर समय खुली रखने के आदेश दिए हैं

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कुलदीप राठौर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के आपदा प्रबंधन सेल और जिला अध्यक्षों से कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का आहवान किया है

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक शाम का भोजन त्यागने की अपील की है ताकि लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों से गुजर रहे लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की जा सके उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अपील की है कि वे जरूरतमंदों को खाने के पैकेट और घर में बने मास्क उपलब्ध कराएं

यह कोरोना से लड़ने के लिए हम समर्पित करते हैं हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि उनके बताये रास्ते पर पूरी ताकत के साथ सारी पार्टी लगेगी और हम इस कोरोना की लड़ाई में विजय भी हासिल करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आए संकट की घड़ी में भाजपा सभी क्षेत्रों में सेवा कार्यों में जुटी है स्थापना दिवस के अवसर पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभाव ग्रस्त लोगों को भोजन और राशन वितरित किया उन्होंने कहा कि पार्टी का युवा मोर्चा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष में धन देने के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है मुख्यमंत्री इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं पार्टी महामंत्री त्रिलोक जमवाल और संगठन मंत्री पवन राणा ने पार्टी कार्यालय दीपकमल में ध्वजारोहण किया इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश में सदस्यों द्वारा बनाए हुए मास्क वितरित किए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर पार्टी का ध्वज फहराया और पार्टी संस्थापक नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भगवान महावीर की जयंती पर बधाई दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर द्वारा दी गई अहिंसा सत्य और त्याग की शिक्षा आज भी प्रांसगिक है उन्होंने कहा कि हमे समाज में शांति प्रेम और सदभाव बनाए रखने के लिए इनका पालन करना चाहिए

राकेश पठानिया ने कहा कि वे निकट भविष्य में इस तरह की दो मशीनें टांडा मेडिकल कॉलेज और एक मशीन चंबा अस्पताल के लिए भी भेंट करेंगे निशुल्क ईलाज प्रदेश में कोरोना प्रभावितों का ईलाज हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल उपायुक्तों के साथ वीडियों कॉफ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

इन शहीदों में प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले संजीव कुमार और कुल्लू के बालकृष्ण भी शामिल है शहीद बाल कृष्ण का आज राजकीय सम्मान के साथ कुल्लू स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया इस मौके पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों सहित सेना के अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए उधर बिलासपुर में शहीद संजीव कुमार का भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

राज्यपाल ने इस महामारी से लड़ने और लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सरहाना की